पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देशभर में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से नुकसान के आंकलन के निर्देश दिये

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी देते हए बताया कि अब किसी भी तरह का लॉकडाउन केन्द्र की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा

यह छूट कंटेनमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगी

निधन भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया

उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन्हें मॉ भारती का गुणी और रोष्ट्र के प्रति समर्पित पुत्र बताया इस मौके पर देश भर में सात दिन की राजकीय शोक की घोषणा की गई है

राज्यसभा भी इसी दिन लेकिन अलग वक्त बैठक करेगी

बाढ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बाढ़ का पानी उतरते ही फसलों मकान और सामान के नुकसान का सर्वे किया जायेगा और हरसंभव मुआवजा दिलाया जायेगा उन्होंने कल होशंगाबाद जिले के बालाभेट और सीहोर जिले के ग्राम नीलकंठ सहित बाढ़ प्रभावित विभिन्न गॉवों का दौरा करते हुए पीड़ितों से बातचीत की और उन्हें शासन की ओर से सभी तरह की सहायता पहॅचाने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि फसल बीमा का भी पूरा लाभ किसानों को दिलाया जायेगा श्री चौहान ने जिला कलेक्टरों को नुकसान का आंकलन वैज्ञानिक तरीके से करने के निर्देश दिय उन्होंने बताया कि केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को प्रदेश में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी दी गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनसे प्रदेश को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया जायेगा बाढ़ स्वास्थ्य प्रदेश में बारिश रूकने से नर्मदा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है हालांकि अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है होशंगाबाद में नर्मदा नदी में इस साल बाढ़ की जो स्थिति बनी वैसी पिछले कई वर्षो में नहीं देखी गयी थी

इसमें सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना को देखते हुए विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी उपाय किये गये हैं राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था की है पोषण अभियान महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से आज से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरूआत हो रही है

पहला अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान है प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा

इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जनभागीदारी से कुपोषण को मिटाना है

इस अवसर पर घर घर बिराजे गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया जायेगा राज्य सरकार ने भगवान गणेश की मूर्तियों को इक्टठा करने के लिए वार्ड स्तर पर केन्द्र बनाये हैं साथ ही लोगों से अपील की है कि वे संभव होने पर माटी गमलों में या घर के समीप ही मूर्तियों का विसर्जन करें कोरोना के चलते मूर्ति विसर्जन के चल समारोहों पर रोक लगाई गई है